इसके चलते राज्य में सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिये गये हैं

यह आदेश आज से सात सितंबर की दोपहर तक प्रभावशील रहेगा इसी तरह सोशल मीडिया पर किसी भी ऐसे संदेश का आदान प्रदान पर रोक रहेगी जिससे किसी भी धर्म संप्रदाय जाति विशेष की भावना आहत हो वहीं उज्जैन विदिशा समेत कई जिलों में संभावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुये सुरक्षा के इंतजाम किये गये हैं

मुख्यमंत्री कल खंडवा जिले के जावर और पुनासा में सात हजार पैंतीस करोड़ अड़तीस लाख रूपये की विभिन्न सिंचाई परियोजना का शुभारंभ करेंगे तुलनात्मक रूप से कम समय और कम लागत में पूरी होने वाली इन माइक्रो लिफ्ट सिंचाई योजनाओं से दो लाख पचास हजार सात सौ इक्यासी हेक्टेयर असिंचित क्षेत्र को लाभ होगा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने घाटी में सिंचाई विस्तार के लिये बांध जलाशय और नहरों के निर्माण की परम्परागत प्रक्रिया का नया और कारगर विकल्प माईक्रो लिफ्ट सिंचाई के रूप में विकसित किया है इसके अंतर्गत पूर्व निर्मित बांध जलाशयों नहरों और नर्मदा से जल ले जाकर घाटी के ऐसे अंचलों में पहुंचाया जायेगा जहां नहर सिंचाई संभव नही है

जिसके तहत ग्राम सभा की बैठक के माध्यम से प्रस्ताव पारित कर ग्राम पंचायत को नशामुक्त बनाने के प्रयास किये जायेंगे

रेल मंत्रालय ने गुगल के साथ मिलकर यह सुविधा शुरू की है अब यहां यात्रियों को निःशुल्क इंटरनेट प्रदान करने के लिये सभी प्लेटफार्म पर वाई फाई सिस्टम लगाये गये हैं इसका सबसे अधिक फायदा यह है कि यात्री मोबाइल फोन के जरिए किसी भी ट्रेन की लोकेशन का पता लगा सकते हैं

बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार बस सड़क पर बैठे मवेशियों को बचाते हुये अनियंत्रित होकर पलट गई बस में लगभग पैतालीस यात्री सवार थे कटनी पुलिस ने बताया कि कल देर रात रीवा से भोपाल जा रही एक चार्टर्ड बस कटनी दमोह मार्ग पर समीपी ग्राम देवगांव के पास अनियंत्रित होकर पलट गई

पांच यात्रियों को बेहद गंभीर हालत होने के कारण जबलपुर रेफर किया गया है

इस बैरक में रुकी हुई पुलिस कंपनी दो दिन पहले ही यहां से अपनी ड्यूटी के लिए रवाना हुई थी इसके चलते हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई शिवपुरी पुलिस ने आज बताया कि बैरक गिरने के बाद जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मौके स्थल का निरीक्षण किया वहीं पुरानी शिवपुरी क्षेत्र में कल दोपहर बाद भारी बारिश के चलते एक पुराना मकान भी गिर गया इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है शिवपुरी में पिछले पांच दिन से भारी बारिश हो रही है जिले के नदी नाले तालाब उफान पर हैं

बम्बई उच्च न्यायालय के इस वर्ष जून महीने के आदेश के बाद यह परामर्श दिया गया है